धार्मिक श्रद्वा के माहौल में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार

प्ररा प्रदेश शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार के ऊपर एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव से शुक्रवार को बारिश होने की सम्भावना है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के प्रभाव के कारण एक सप्ताह तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है वहीं घने कोहरे के कारण सड़क रेल और विमान सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है घने कोहरे को देखते हुये आज मोकामा से खुलने वाली मोकामा हावड़ा पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है ठंड के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने सोलह जनवरी तक सभी विद्यालयों में वर्ग पांच तक की कक्षाओं में पठन पाठन स्थगित कर दिया है राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतिक्षा सूची वाले लगभग तैंतीस लाख योग्य परिवारों को आवास मुहैया करायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत एक आवास के निर्माण के लिए एक लाख बीस हजार रूपये दिये जाते हैं उन्होंने कहा कि प्रतिक्षा सूची में छूटे परिवारों की सूची भी केन्द्र सरकार को भेजी गयी है केन्द्र सरकार से राशि मिलने के इंतजार में काम रूकेगा नहीं बल्कि राज्य सरकार अपने श्रोतों से आवास निर्माण के लिए खर्च करेगी राज्य में हर घर नल योजना और ग्राणीम सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े पांच सौ ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया गया है विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में अनियमितता पायी है विभाग ने निर्णय किया है कि भविष्य में इन ठेकेदारों को किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी साथ ही इनकी जमा राशि भी जब्त की जायेगी मुख्यमंत्री निश्चय योजना के खाते से बारह लाख संतानवे हजार रूपये की अवैध निकासी और अन्य वित्तीय अनियमितता के मामले में औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के मुखिया चन्द्रशेखर कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है पंचायती राज विभाग ने गबन की राशि वसूली के लिए मुखिया और तत्कालीन पंचायत सचिव सुभाष सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक भाग लेंगे श्री मोदी इस कार्यक्रम में परीक्षा के तनाव से बचने के लिए छात्रों के सवालों के जवाब देगें और विद्याथियों के साथ बातचीत भी करेंगे पटना के दानापुर छावनी स्थित केन्द्रीय विद्यालय की छात्रा तेजस्विनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है

उनमें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है और पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहती है प्रदेश में नई पेंशन स्कीम का संचालन पूनः शुरू कर दिया गया है नई सीएफएमएस प्रणाली के संचालन में कठिनाईयों के कारण इस योजना के तहत कर्मचारियों के पेंशन खाते में पैसा जमा नहीं हो पा रहा था केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पांच के बाद बहाल कर्मियों के लिए यह योजना शुरू की थी इस योजना का संचालन होने से लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा

इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गयी है पटना में एहतियात के तौर पर गंगा नदी में नावों का परिचालन आज बंद कर दिया गया है धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य आज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण हो जायेंगे साथ ही आज से खरमास भी समाप्त हो जायेगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जायेंगे वहीं प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की और से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है मकर संक्रांति के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा दो हजार बीस की सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है समिति के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जिन स्कूलों के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन शुल्क और परीक्षा शुल्क बकाया है वे तेईस जनवरी तक जमा कर दे राज्य के श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भवन निर्माण से जुड़े निबंधित मजदूरों को कपड़ों के लिए राशि दी जायेगी उन्होंने कहा कि निबंधित मजदूरों को विभाग अब तक केवल इलाज के लिए सालाना तीन हजार रूपये दे रहा था अब मजदूरों को कपड़ों के लिए भी विभाग हर वर्ष पच्चीस सौ रूपये देगा राष्ट्रीय उच्च पथों के टॉल प्लाजा पर आज से एक ही नकदी काउंटर कार्य करेगा राज्य के बाईस स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह व्यवस्था की गयी है धान की कूटाई के लिए पटना में पैक्सों को मिल से टैगिंग करने का काम शुरू हो गया है टैगिंग के लिए पचपन मिलों का सत्यापन किया गया है बिहार विद्यूत विनियामक आयोग ने पटना और पूर्णियां के उपभोक्ता शिकायत फोरम के अध्यक्षों की बहाली के लिए होने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है यह साक्षात्कार सोलह जनवरी को होना था आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई तिथि की घोषणा शुरू की जायेगी कैमूर जिले के रवि प्रकाश अमेरिका में बर्फ पर कालियादह की आकृति बनायेंगे उन्नीस से छब्बीस जनवरी तक चलने वाली तीसवीं इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता में भारतीय टीम अभ्युदय भाग ले रही है अभ्युदय टीम का नेतृत्व मूर्तिकार रवि प्रकाश कर रहे हैं कटक में खेले जा रहे सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत सिक्किम के खिलाफ मुकाबले में बिहार ने छह विकेट पर पांच सौ बयासी रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी बिहार के शकीबुल गनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुये नाबाद तिहरा शतक बनाया है सीके नायड् क्रिकेट टूर्नामेंट में शकीबुल तिहरा शतक बनाने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी है मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक सिक्किम ने चार विकेट पर अठावन रन बना लिये है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई भाजपा ने कहा कांग्रेस पाकिस्तान को बचाने में माहिर दैनिक भास्कर की सुर्खी ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जुर्माने के साथ पुलिस जब्त करेगी चालक का इाईसेंस दैनिक जागरण ने लिखा है कश्मी घाटी में चौबीस घंटे के दौरान हिमस्खलन से छह जवानों सहित बारह की मौत सत्रह तक बिहार में कनकनी से नहीं मिलेगी राहत और अब अंत में मुख्य समाचार पूरा प्रदेश शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में

धार्मिक श्रद्वा के माहौल में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार